श्री मोदी ने कहा कि एक दूसरे से जानकारी सांझी करना बहुत फायदेमंद है क्योंकि इस संबंधि कोई भविश्यवाणी नहीं की जा सकती कि हालात कैसा रूप लेंगे

भारत में इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपना अनुभव सांझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तैयार रहो पर घबराओ नहीं

ऐसा कोरोना वायरस के कारण किया गया है

राजनीयक और संयुक्त राश्ट्र के अधिकारी जिनके पास वैद्य वीजा होगा केवल उन्हें भारत पाक सीमा के अटारी सीमा पर अनुमति दी जायेगी परंत उन्हें भी स्वाथ्स्य जांच करानी होगी

कंबल केवल उन्हें दिया जायेगा जो उनकी मांग करेगा

रेलगाड़ियों से परदों को भी हटाया जायेगा क्योंकि ये भी वायरस का कारण हो सकते हैं

समी रेल डिब्बों के अंदर बाहर बिजली के ईएमयू पर कीटाणूना ाकों का छिड़काव किया जा रहा है हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में लोगों को मास्क वितरित किए परिवहन मंत्री ने कहा कि मौसम का बदलाव और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए ताकि एक दूसरे व्यक्ति से फैलने वाली इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके

केन्द्रीय कृशि मंत्री संजीव बाल्यान ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विजेता पशि पालकों को इनाम वितरित किए प्रदेश के कृशि मंत्री जेपी दलाल भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे

रोहतक के मुर्राह नस्ल का बुल नंबर वन बना पत्रकारों से बातचीत में कोन्द्रीय मंत्री संजीव बाल्यान ने कहा कि डेयरी सेक्टर में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं इससे किसानों की आय को दोग्ना किया जा सकता है

यह नेटवर्क खतरनाक ड्राइविंग करने वालों सहित ओवरस्पीड और असुरक्षित लेन में चलने वालों पर अंकृश लगाने के लिए एक केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष से जुड़ा होगा

मुंख्यमंत्री ने करनाल में अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा कृशि प्रधान प्रदेश है किसान का जुड़ाव कृषि व पश्पालन से है बिना खेती पश्पालन नहीं हो सकता इसलिए दोनों के संयुक्त कार्य से किसान की आय दोगुनी करने के लिए हरियाणा सरकार कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दे रही है इससे देश व प्रदेश उन्नत होगा

कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन मंत्री जय प्रकाश दलाल ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा में पशुओं की सेहत तथा नस्ल सूधार को लेकर क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं

हरियाणा सरकार ने अस्पतालों में वि ीश प्रबंध किए हैं श्री बराला आज रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे दे ा के कृशि मंत्री जेपी दलाल ने पिछले दिनों बरसात के कारण फसलों के नुकसान का जायजा लेते हुए अंबाला भाहर विधानसभा क्षेत्र के गांव आनंदपुर जलबेड़ा व उगाड़ा गांव में जाकर निरीक्षण करते हुए फसलों के न्कसान की वास्तविकता जांची कृशि मंत्री ने निरीक्षण के दौरान सबसे पहले गांव आनंदपुर जलवेडा में जाकर वहां फसलों के नुकसान बारे कृशि विमाग के उप निदे ाक से बातचीत करते हुए इस संबंध में किसानों के फसलों संबंधि कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं इसकी जानकारी ली उन्होंने गांव के सरपंच व अन्य किसानों से बातचीत कर पूछा कि उन्होंने अपनी फसलों का बीमा करवाया हुआ है या नहीं